केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कोविड संक्रमित हुये

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री मोदी दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे बाईट हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीति ही नहीं थी कोई नेता कहीं वायदा कराता था कोई सरकार किसी को संतुष्ट करने के लिए मेट्रो का ऐलान कर देती थी हमारी सरकार ने इस हेडोसिज्म से बाहर आ करके मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर हमने जोर दिया मेक इन इंडिया के ज्यादा से ज्यादा विस्तार पर हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि यह अवसर देश में बेहतर ब्रनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों का रहन सहन आसान बनाने में सुधार के लिए मंच उपलब्ध करा सकता है

परिणाम यह हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इफ्रास्ट्रक्चर के मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है साथियों इस सोच से अलग आधुनिक सोच यह कहती है शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं एक ऐसा अवसर जिसमें हम इज ऑफ लिविंग का बढ़ा सकते हैं सोच का यह अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख पैंतालीस हजार तीन सौ पांच हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान छह सौ सत्रह मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव छह एक प्रतिशत हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में तीन लोगों की मौत के साथ ही अब तक वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या एक हजार तीन सौ छियासी हो गयी है वहीं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के तीन सौ नौ नये मामलों के सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख इक्यावन हजार तीन सौ चार हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज सबसे अधिक एक सौ इक्कीस मामलों की प्रष्टि पटना जिले में हुई है अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार छह सौ बारह है इधर केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कोविड संक्रमित हो गये हैं श्री चौबे ने चिकित्सकों की सलाह के बाद होम आईसोलेशन में चले गये हैं कोरोना वैक्सीन जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह तक बिहार को उपलब्ध हो जायेगी स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि केन्द्र सरकार जनवरी के अंत तक वैक्सीन को बिहार भेज सकती है प्राप्त जानकारी के अनुसार इन वैक्सीनों की सुरक्षित रख रखाव के लिये साढ़े आठ हजार से अधिक पंचायतों को डीप फ्रिजर वॉकिंग कुलर समेत अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं भारत में कोविड टीकाकरण का अभ्यास शुरू हो गया है पहले चरण में चार राज्यों आंध्र प्रदेश गुजरात पंजाब और असम में दो दिन का अभ्यास आज से शुरू हो गया इस अभ्यास का उद्देश्य चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधारहित बनाया जा सके स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित द्रष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा नई दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर नीरज गुप्ता ने इस अभ्यास के बारे में जानकारी दी बाईट वैक्सीन का कहां से आएगी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा कोल्ड चौन कैसे मेनटेन की जाएगी वो जिस भी साइट पर जा रही है चाहे वो अरबन साइट हो रूरल साइट हो या कोई भी प्रीफर सेंटर जो बनाया गया हो वहां कैसे पहुंचेगी वहां का क्राउड कंट्रोल कैसे होगा वैक्सीन कैसे लगेगी कितने लोगों को लगेगी जैसे लगभग सौ लोगों को लगाई जाएगी आधा घंटा उनको उसके बाद विश्राम करने के लिए बोला जाएगा कोई रिऐक्शन तो नहीं होगा और उन सबको बाद में आई टी के द्वारा एप के द्वारा अपलोड भी किया जाएगा उसकी पूरी मॉनेटरिंग भी होगी इन सभी चीजों की प्रक्रियाओं को देखने के लिए ताकि वैक्सीन जो है वो हर व्यक्ति को सुचारू रूप से मिल सके उसकी एफिकेसी मेंटेन रहें साइट इफेक्ट्स ना हो उनका उसी वक्त इंतजाम हो उसके रिएक्शन का इलाज हो सके तो इन सभी बंदोबस्त को पूरा तरीके से एक ट्रेफिक चेक करने के लिए यह एक ड्राई रन प्लान किया गया है इधर पटना स्थित एम्स में छह महीने बाद आज से फिर ओपीडी की सेवा शुरू हो गयी है इलाज के लिये आने वाले सभी मरीजों को एक दिन पूर्व ही ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा मरीज को अपने साथ आधार कार्ड लेकर आना होगा और एक मरीज के साथ एक अटेंडेंट को ही अस्पताल में प्रवेश की अनुमति होगी सभी के लिए अस्पताल में फेस मास्क और कोविड दिशा निर्देश का पालन अनिवार्य किया गया है गौरतलब है कि कोविड के कारण अस्पताल में ओपीडी को बंद रखा गया था स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पटना के पीएमसीएच सहित प्रदेशभर के अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल अब भी जारी है अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर तेईस दिसम्बर से हड़ताल पर हैं हड़ताल के कारण इन अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हुई हैं इस बीच पीएमसीएच प्रशासन ने हड़ताल में शामिल डॉक्टरों को हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया है डॉक्टरों की स्टाइपेंड काटने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है केन्द्र सरकार आंदोलनकारी किसानों से तीस दिसम्बर को अगले दौर की बातचीत करेगी यह बैठक किसान संगठन के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच दोपहर दो बजे विज्ञान भवन में होगी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि सरकार खुले मन से सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है इससे पहले किसान संगठनों ने कल दिन में ग्यारह बजे सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव रखा था पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को आज उनकी जयंती पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता अरूण जेटली की जयंती पर उनका स्मरण किया है अपने टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अरूण जेटली एक खुशमिजाज प्रतिभाशाली और जानेमाने कानूनविद थे इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वर्गीय जेटली के तैलचित्र पर एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजधानी पटना के कंकड़बाग स्थित पार्क में पूर्व केन्द्रीय मंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में ठंड से थोड़ी राहत मिली है जबकि दक्षिण पश्चिमी बिहार में कुछ स्थानों पर शीतलहर का असर देखा जा रहा है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि आर्द्रता के कारण कुछ स्थानों पर सुबह और शाम के समय कोहरे की स्थिति देखी जा रही है

यहां का न्यूनतम तापमान चार दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान पांच दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सौ छत्तीसवां स्थापना दिवस समारोह आज ध्रमधाम से मनाया गया बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सदाकत आश्रम रिथत प्रदेश मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराकर स्थापना दिवस समारोह की शुरूआत की इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे पूर्वी चम्पारण जिले में बालिका सुधार गृह में रहने वाली दो लड़कियों को होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए बेंगलुरू भेजा जायेगा पूरे राज्य में इसके लिए सोलह लड़कियों का चयन किया गया है जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जायेगा इसके लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं नवादा जिले के अकबरप्र प्रखंड में हुडराही मोड़ के पास एक ऑटो रिक्शा और ट्रक के बीच टक्कर में चार लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन गम्भीर रूप से घायल हो गये इधर सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र में चारपहिया वाहन की चपेट में आने से एक प्रलिसकर्मी की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये मृतक पुलिसकर्मी की पहचान सोनबरसा थाना क्षेत्र निवासी जीतू साह के रूप में की गई है सशस्त्र सीमा बल पटना द्वारा तीस दिसंबर को पूर्वाह्न ग्यारह बजे से पटना स्थित सीमांत मुख्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन किया जायेगा इसमें पेंशन संबंधी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा एस एस बी पटना के राजीव नगर स्थित बल के मुख्यालय में आयोजित होने वाले पेंशन अदालत में बल के अतिरिक्त किसी अन्य एस एस बी कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए और पेंशनभोगी अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए आवेदन कर सकते है बेतिया नगर परिषद के अध्यक्ष गरिमा सिकारिया विश्वास मत हार गयी हैं इसके बाद उन्हें अध्यक्ष पद की कुर्सी गंवानी पड़ी है वैशाली जिले के भगवानपूर थाना क्षेत्र के वारिसपूर गांव से पूलिस ने एक घर से तीन सौ चालीस कार्टन विदेशी शराब बरामद की है वहीं जिले के करनैजी गांव के एक घर में छापेमारी कर पुलिस ने तिहत्तर कार्टन विदेशी शराब जब्त की है लखीसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से तीन सौ बीस कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है पूर्णियां के जिला खेल पदाधिकारी रणधीर कुमार सिंह का आज पटना के एक अस्पताल में निधन हो गया बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक और अन्य कर्मियों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है गया जिले के विष्णुपद थाना क्षेत्र स्थित एक मोबाईल की दुकान से अपराधियों ने दस लाख रुपये मूल्य के मोबाइल फोन चुरा लिये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है खगड़िया जिले के गनगौर थाना क्षेत्र के सोराईडीह ढाला के पास अपराधियों ने एसबीआई ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से दो लाख पचास हजार रुपये लूट लिये मामले की जांच की जा रही है रोहतास के जिलाधिकारी ने काम में लापरवाही के आरोप में नौहट्टा की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और पर्यवेक्षिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया है दोनों पर परीक्षा ड्यूटी के दौरान लापरवाही का आरोप है

केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कोविड संक्रमित हुये